प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनो देशों की बीच पारस्परिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रियाद में फ्यूचर इंवेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को संबोधित किया श्री मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से द्विपक्षीय बातचीत भी की उन्होंने कृषि खाद्य प्रसंस्करण और जल प्रौद्योगिकी में सहयोग की नई संभावनाओं की खोज के बारे में चर्चा की सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अल राजी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की भारत और सऊदी अरब ने अपनी वार्ता में हर तरह के आतंकवाद की भर्त सना की वार्ता के दौरान सऊदी अरब की प्रगति और विकास में वहां के भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना भी की गई दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये

रेल मंत्री कल जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे की कार्यप्रणाली निर्माण परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं को लेकर आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे बैठक में श्री गोयल ने अधिकारियों को कहा कि वे मालभाडा आय को बढाने के भी हरसंभव प्रयास करें बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

समझा जाता है कि इसी इलाके में हई एक गैर कश्मीरी टक चालक की हत्या में इस आतंकवादी का हाथ था हालांकि इस आतंकवादी की अभी पहचान नहीं हो पायी है लेकिन माना जा रहा है कि वह आतंकवादी संगठन हिजबुल का सदस्य था जिसने पिछले तीन हफ्तों में कई गैर कश्मीरी ट्रक चालकों और श्रमिकों पर हमले किये हैं

इसके लिए दोनों देशों की सैन्य ट्कड़ियां बीकानेर पहुंच गई हैं रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि दोनो देशों के बीच युद्धाभ्यास का यह पांचवा संस्करण है यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र नियमों के तहत अर्द्व रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा

बाडमेर जिले में तीन सडक हादसों में तीन लोगों की मृत्यु हुई वहीं बांसवाडा के भोयनघाटी में एक कार और मोटरसाईकिल की टक्कर में एक दम्पत्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये करौली गंगापुर सडक मार्ग पर कुंडगांव के पास रोडवेज बस की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई उधर र्जसलमेर के मोहनगढ में कल देर रात पानी की डिग्गी में गिरने से एक युवक की मृत्यू हो गई

आग का कारण शोर्ट सर्किट बताया जा रहा है

उसके खिलाँफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया इधर राजसमंद में पेट्रोल पम्प पर नकबजनी के चार आरोपियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया राजसमंद में ही पुलिस ने खमनोर में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया अजमेर पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो लोगो को गिरफ्तार कर लिया है